कहा इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी देश में कोविड नाइन्टीन के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब तैंतालीस प्रतिशत हुई लगभग इकहत्तर हजार लोग अब तक स्वस्थ हुए प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सात हजार चार सौ पैंतालीस मरीजों में से अब तक चार हजार चार सौ दस स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार आठ सौ चौंतीस मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले तीन दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया

मुख्यमंत्री ने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सम्बंधित नीतियों में जरूरी संशोधन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए श्री योगी लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल प्रदेश की फार्मा खाद्य प्रसंस्करण दुग्ध उत्पादन पर्यटन और वस्त्र नीति में संशोधन सम्बंधी प्रस्तुतीकरण का अवलोकन कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए इससे जुड़ी इकाईयों को जल्द से जल्द क्लियरेंस प्रदान करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को जल्द स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि रोजगार सृजित हो सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग में मक्का बड़े पैमाने पर पैदा होता है इसलिए इन क्षेत्रों में सम्बंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि क्शीनगर में केले के चिप्स बनाने की इकाईयां गठित करने पर जोर दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दुग्ध नीति में जरूरी बदलाव करते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रतिबद्दता दोहरायी है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की सूची संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त की जाए ताकि कामगारों को राज्य में लाने के लिए निःशुल्क रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा सके मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के उन प्रवासी श्रमिकों की सूची भी संबंधित राज्यों के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं जो अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों के सदस्यों से संपर्क कर उनके कार्यों का फीडबैक प्राप्त किया जाए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच वाली प्रयोगशालाओं में व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए मुख्यमंत्री ने टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से पीडित कुल इकहत्तर हजार एक सौ पांच लोग स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर बढ़कर करीब तैंतालीस प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार चार सौ चौदह रोगी स्वस्थ हुए हैं और सात हजार चार सौ छियासठ मामलों की सूचना मिली इस तरह कोविड नाइन्टीन मामलों की संख्या एक लाख पैंसठ हजार सात सौ निन्यानबे पहुंच गई है भारत में कोविड नाइन्टीन का प्रकोप फैलने के बाद इस महामारी के मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है पिछले चौबीस घंटों में एक सौ पचहत्तर लोगों की इस महामारी से मौत हई है जिससे पूरे देश में कोविड नाइन्टीन से जान गंवाने वालों की संख्या चार हजार सात सौ छ हो गई है इस समय नवासी हजार नौ सौ सत्तासी रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ पन्वानबे मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब तक बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर चार हजार चार सौ दस हो गई है कल दो सौ पचहत्तर नए मामलों की पुष्टि हुयी जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की तादाद सात हजार चार सौ पैंतालीस पहुंच गई पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर दो सौ एक हो गई है फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार आठ सौ चौंतीस है प्रदेश में इस समय सबसे अधिक एक सौ बयालीस सक्रिय मामले जौनपुर जिले में हैं इसके बाद गौतमबुद्व नगर में एक सौ उन्नीस बस्ती में एक सौ ग्यारह रामपुर में एक सौ पांच मेरठ में सत्तानबे आगरा और अयोध्या में पन्चानबे पन्चानबे आजमगढ़ में सतहत्तर लखनऊ में चौहत्तर गाजियाबाद हापुड़ और सिद्वार्थनगर में बहत्तर बहत्तर वाराणसी में इकहत्तर अलीगढ़ में पैंसठ अमेठी में इकसठ कानपुर नगर में बावन और गोरखपुर में तिरपन सक्रिय मामले हैं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कानपुर के हैलट अस्पताल और कोरोना वार्ड का कल निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने उपचार के लिए आए मरीजों से बात की और अस्पताल में प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से राज्य में कोविड नाइन्टीन के फैलाव को रोकने में सफलता मिली है चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कल झांसी मेडिकल कॉलेज में बने कोविड नाइन्टीन अस्पताल और इमरजेंसी सेवाओं का भी निरीक्षण किया और मरीजों से उनका हालचाल जाना रेल मंत्रालय ने अपील की है कि रोगग्रस्त व्यक्ति गर्भवती महिलाएं दस वर्ष से छोटे बच्चे पैंसठ वर्ष से अधिक आय के लोग जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें यह अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को लेकर की गई है मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक ट्रेन चला रहा है यह देखा गया है कि क्छ लोग जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं वे पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिनमें कोविड नाइन्टीन महामारी का जोखिम बढ़ जाता है रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक से इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा की जाती है मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी आपात रिथति में यात्री रेलवे की हेल्पलाइन नम्बर एक तीन नौ और एक तीन आठ पर फोन कर सकते हैं

श्री पासवान ने कहा कि कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान उनके मंत्रालय का मुख्य जोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इससे इतर राशन कार्ड धारकों प्रवासी मजदूरों और केंद्र या राज्य सरकारों की किसी भी खाद्यान्न योजना के अंतर्गत न आने वाले लोगों को अनाज और दलहन उपलब्ध कराना है

केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तेईस लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है इनमें वन तुलसी के बीज वन जीरा मशरूम काला चावल और जोहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण इन तेईस वन उत्पादों को सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है इसके बाद इस सूची में शामिल इन वस्तुओं की संख्या तिहत्तर हो गई है आकाशवाणी विशेषज्ञ राय श्रृंखला में आपको कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर एम के सेन ने बताया यह जांच का समय है हमें लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है ये क्त हर्मे और भी मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन ये चीजों का ध्यान में रखना है जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं जैसे की सोशल डिस्टेसिंग हुआ या स्वच्छता क्लीनीनैस यूज ऑफ मॉस्क हैंड वाशिंग इसकों हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा मौसम विभाग ने प्रदेश में लोगों को अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की सम्भावना जताई है विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने से राज्य में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है प्रदेश के विभिन्न इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है कहीं कहीं तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है इस बीच पीलीमीत और गोरखपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने से मौसम सुहाना हो गया जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली छत्तीसगढ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कल दोपहर निधन हो गया वे चौहत्तर वर्ष के थे उन्हें दिमाग में सूजन और दिल का दौरा पड़ने के कारण नौ मई को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था वर्तमान में श्री जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गये पांच किशोरों की कल डूबने से मौत हो गयी ये सभी सिपहिया घाट पर नहाने के लिए गये थे गोताखोरों की मदद से पांचों के शव बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के अनुसार समी मृतक वारीगड़ही रामनगर के रहने वाले हैं